मरू महोत्सव का रंगारंग समापन आज बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब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

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में कल वीडियो कान्फेंसिंग के जरिये हई कोविड टीकाकरण स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में यह जानकारी दी गयी

इस अवसर पर एनएचएम के मिशन निदेशक नरेश ठकराल ने बताया कि टीकाकरण के इस चरण में चयनित राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों सीजीएचएस और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्व चिकित्सालयों में भी निःशुल्क टीके लगाये जाने की सुविधा दी जायेगी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

इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है मेले का उद्देश्य सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को मनोरंजक और आनन्ददायक बनाने में खिलौनों की भूमिका का उपयोग करना है

इसके अलावा दूरदर्शन डीटीएच न्यूज ऑन एआईआर एप और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होगा

इसके लिए शीघ्र ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है

दिन में घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा वहीं शाम को सम के मखमली धोरों पर कैमल और जीप सफारी का आयोजन किया जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा जिसमें प्रसिद्ध लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे उधर बांसवाड़ा जिले के बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्दालुओं ने डुबकी लगाई मंदिरों में श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है बेणेश्वर धाम पर आज विशेष मेले का आयोजन हो रहा है